उन्होंने बताया कि सूबे के विभिन्न इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू और पाबंदियां लगभग हट गयी हैं आज इंदौर में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम जनजीवन सामान्य हो रहा है और आज वहां बेहद उत्साह से बकरीद मनायी गयी उन्होंने जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत की अफवाहों की गलत बताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बताया है कि सूबे में एकाध जगह छोटा मोटा प्रदर्शन हुआ था लेकिन बाकी स्थानों पर आम जनजीवन शांतिपूर्ण है

उन्होंने कहा कि केवल जम्मू और लद्दाख में ही नहीं कश्मीर घाटी में भी लोग इस ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने का स्वागत कर रहे हैं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है

चमोली जिले में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है जिले में कल रात से हो रही बारिश से छह लोगों की मृत्यु हो गई और परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा है राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार घाट तहसील के ग्राम बाज बगड़ आली और लाठी गांव में बिजली गिरने से कई मकान और गौशाला पूरी तरह नष्ट हो गई

आली गांव में वज्रपात से ही एक युवती और लाखी गांव में दो युवतियों और मकान गिरने से एक युवक की दबकर मृत्यु हो गई सभी मृतकों का पोस्टमार्टम बांजबगड़ में ही किया गया इसके अलावा कई मवेशी भी आपदा में मारे गए जिले में कई नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई है वहीं घाट के चुफलागाड़ बाजार में जलस्तर बढ़ने से पांच द्काने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई

प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन की ओर से अहैतुक सहायता धनराशि के साथ ही खाद्य सामग्री कम्बल आदि वितरित किये गए मुख्यमंत्री घाट में अतिवृष्टि से हुई जनहानि पर शोक जताते हुए मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और प्रभावितों को राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए चमोली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ राजस्व और आपदा की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गईं मुख्यमंत्री ने लोगों विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वर्तमान में भारी बारिश को देखते हुए पिकनिक आदि के लिए नदियों झरनों के समीप न जाएं

स्लग सीएम रक्षाबंधन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त किए बिना एक समुद्ध उत्तराखण्ड की कल्पना पूरी नहीं की जा सकती है देहरादून में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में उन्होंने कहा कि हमारे देश और संस्कृति में त्योहारों का एक अलग महत्व है त्योहार हमारी संवेदनाओं और भावनाओं से जुड़े होते हैं और वे हमारे रिश्तों को और भी अधिक मजबूत बनाते हैं उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई में रक्षा सुत्र बांधा समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है

उन्होंने कहा कि देश की संसद ने तीन तलाक बिल को पास कर हमारी मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कश्मीर की बेटियों और गरीबों को उनका वाजिब हक मिल सकेगा

इस दौरान दल के सदस्यों ने घाटी के गांवों और स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरुक किया दल के लीडर पुरमल सिंह धर्मशक्तू ने बताया कि स्वच्छता अभियान में पिंडर वैली के सभी युवाओं स्कूली बच्चों और एनएसएस स्वयंसेवियों को शामिल किया गया था

जिसको आज नगर पालिका बागेश्वर को निस्तारण के लिए दे दिया है उन्होंने बताया कि दल ने गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया इसके सांथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन की जानकारी भी दी दल के सदस्यों ने पिंडर घाटी के सभी गांवों मे स्वछता अभियान चलाया इस दौरान दल के सदस्यों ने लोगों को कूड़ा प्रबंधन की जानकारी भी दी स्लग ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की और अमन चौन की दुआ मांगी

रुद्रपुर के खेड़ा स्थित कादरी मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की और एक द्रसरे को गले लगाएक ईद की शुभकामनाएं दी इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदर जीत सिंह ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी जिलाधिकारी ने कहा कि यह त्योहार भाईचारे और अमन शांति का है उन्होंने सभी से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार हमारी संस्कृति को और अधिक समृद्ध करने के साथ ही एकता और अखण्डता को मजबूत करेगा उन्होंने लोगों से भाईचारे और सौहार्द के इस त्योहार को आपसी सदभाव से मनाने की अपील की

प्रदेशभर के मंदिरों में श्रद्वालुओं ने पूरी आस्था के साथ अपने आराध्य भगवान शंकर का जलाभिषेक किया हरिद्वार में भी सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगी

इसके अलावा दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्दालुओं का तांता लगा रहा उधर बागेश्वर जिले के बागनाथ मंदिर समेत तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़ और नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किये थे प्रदेश के अन्य जिलों के शिवालयों में भी भक्तों का तांता लगा रहा स्लग बागेश्वर बैठक बागेश्वर जिले में कल रात से लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की उन्होंने सभी को सतर्क और अलर्ट रहने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की सुचना प्राप्त होते ही तत्काल राहत और बचाव कार्य करना सुनिश्चित किया जाए

प्रभावित परिवारों को अहैतुक सहायता राशि के साथ साथ खाद्यान्न सामग्री आदि भी उपलब्ध करा दिये गये है